सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय का भी होगा गठन मंत्रिपरिषद का फैसला

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय के गठन का निर्णय लिया गया

उन्होंने जबलपुर में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वचन पत्र में किये गये सभी वादों को पूरा करेगी

सत्र के लिये सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है इसके लिये आज भोपाल में अपने अपने विधायक दल की बैठकें बुलाई गई हैं

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव विशेष रूप से मौजूद रहेंगे वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम को मुख्यमंत्री निवास पर होगी इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कमलनाथ के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि सरकार की नीति और नियत साफ है प्रदेश सरकार ने नये नजरिये से हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश के विकास का नक्शा तैयार कर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है श्री कमल नाथ ने कल जबलप्र में कहा कि अब कोई भी क्षेत्र विकास की दृष्टि से उपेक्षित नहीं रहेगा उन्होंने कहा कि जबलप्र में पहली बार मंत्रि परिषद की बैठक और उसमें लिये गये निर्णयों का संदेश पूरे महाकौशल क्षेत्र में जायेगा मुख्यमंत्री जबलपुर के शिवाजी मैदान में जबलपुर क्षेत्र के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद आम सभा को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जबलपुर भी इंदौर और भोपाल जैसे महानगर की तरह विकास की दौड़ में शामिल होगा

औचक निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि सिविल सर्जन और जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी अस्पतालों में सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं उन्हें कल जबलपुर जिला चिकित्सालय के औचक निरीक्षण में पूरी दवाएँ नहीं मिलने की कुछ मरीजों की शिकायत प्राप्त हुई थी श्री सिलावाट ने मौके पर ही संबंधित मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध करवाई और निर्देश दिये कि अस्पतालों में अब दवाइयों की कमी नहीं रहना चाहिये दवाइयों की कमी मिलने पर सिविल सर्जन और सीएमएचओ सीधे जिम्मेदार होंगे श्री सिलावट ने अस्पताल परिसर में मिली गन्दगी पर नाराजगी जाहिर की उन्होंने कहा कि जैसी सफाई हॉस्पिटल के अन्दर है वैसी बाहर भी होनी चाहिये वाणिज्य कर मंत्री वाणिज्यिक कर मंत्री बुजेन्द्र सिंह राठौर ने जबलपुर में जीएसटी से संबंधित कठिनाइयों के शीघ्र निराकरण के लिए विभिन्न संगठन के साथ विस्तृत चर्चा की श्री राठौर ने कहा कि अत्यंत शीघ्रता एवं जल्दबाजी में लागू जीएसटी से व्यवसाय जगत को अनेक तकनीकी एवं वैधानिक पहलुओं पर काफी कठिनाई हो रही है जिन कठिनाइयों का समाधान राज्य शासन स्तर पर किया जाना संभव होगा उनका विचारोपरांत तत्काल निराकरण किया जायेगा

इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद अश्विनी को उनके गांव पहंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किये उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद अश्विनी की शहादत पर हमें गर्व है सरकार इस घड़ी में शहीद परिवार के साथ है राज्य सरकार की ओर से उनके परिवार को एक करोड़ रूपये एक आवास और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शहीद के गांव पहुंचकर उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किये श्रद्वांजलि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में भाजपा आज प्रदेश के सभी जिलों में धरना देगी इसके साथ ही हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्दांजलि भी अर्पित की जाएगी इससे पहले कल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आम लोगों द्वारा केंडल मार्च श्रद्वांजलि सभाओं के जरिए आतंकवादी हमले के खिलाफ रोश व्यक्त किया गया नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में लोगों ने राममंदिर चौक से केंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्वांजलि दी वहीं दमोह में अंबेडकर चौक से लोगों ने पैदल मार्च निकालकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की उधर अनूपपुर में मुस्लिम समुदाय ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की धार सीहोर अशोकनगर शिवपुरी भिण्ड राजगढ खंडवा सहित विभिन्न जिलों से भी श्रद्धांजलि सभाओं के आयोजन के समाचार मिले हैं

लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए सभी राजस्व न्यायालयों में यह लोक अदालतें आयोजित की गई थीं इनमें कार्यपालक दंडाधिकारियों ने अविवादित नामांतरण और बँटवारा सीमांकन नक्शा बटांकन आरआरसी वसूली और ऋण पुस्तिकाओं के वितरण के साथ ही हजारों की संख्या में नजूल प्रकरणों का भी निराकरण किया गया

आस्क होराइजन द्वारा आयोजित इस फेयर में दो दिन में लगभग चार हजार युवक युवतियों ने हिस्सा लिया

उन्होंने बताया कि टाटा टेलीसर्विसेज जेनपैक वॉलमार्ट रिलायंस महिंद्रा आइशर अमेजन और वर्धमान जैसी कंपनियों ने हिस्सा लेकर युवाओं को चयनित किया खेल और युवा कल्याण मंत्री खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं खेल मंत्री कल जबलपुर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में खेल संघों के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे

मौसम राजस्थान पर बने चक्रवात के उत्तरप्रदेश की तरफ खिसक जाने से हवा का रुख बदलकर एक बार फिर उत्तरी हो गया है जिससे राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है

मौसम विज्ञानियों ने दो दिन बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है साथ ही हवा में नमी आने के कारण कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ी थीं